योग दिवस आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया इस वर्ष योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयोजन की शुरूआत करते हुए कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है और इससे शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग का महत्व बताते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने का आहवान किया उन्होंने भी अपने परिवार के साथ घर में ही योग किया

गुना कलेक्टर एस विश्वनाथन ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरुक करना है

शिवपुरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानो ने भी सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए योग किया शाजापुर उमरिया छतरपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों से योग दिवस मनाये जाने के समाचार मिले हैं कृषि आदान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चालू वित्तवर्ष में खरीफ के लिए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त कृषि आदान उपलब्ध कराया जा रहा है

विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान सदन की पांच बैठकें होंगी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है

यह ग्रहण ऐसे समय में हुआ जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है यह देश के विभिन्न भागों में देखा गया ग्रहण को देखते हए प्रदेशभर के मंदिरों के पट बंद रहे शिवप्री और नीमच जिले में सूर्यग्रहण का असर देखा गया ग्रहण के कारण सड़के और बाजार सूने रहे होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संकमण को देखते हुए जिले में सामूहिक स्नान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था जबलपुर में नर्मदा और उज्जैन में क्षिप्रा नदी में भी स्नान प्रतिबंधित रहा

ये जानकारी देते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि हिन्दी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक विद्यार्थी अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिये अभ्याास कर सकते हैं केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले महीने राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह ऐप जारी किया इसके जरिये छात्र अपने घरों में सुरक्षित रह कर जेईई मैन और एनईईटी सहित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं

हालांकि इनमें से एक हजार सात सौ पचास से अधिक लोग स्वस्थ हो गये

गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को विधानसभा परिसर में हुए मतदान में संक्रमित विधायक ने भी हिस्सा लिया था

यहां छह सौ उन्यासी कोरोना पीड़ित स्वस्थ होकर घर पहुंच गये हैं शहडोल संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं

रेल वेण्डर रेल मंत्रालय ने अपने खरीद के नियमों में सुधार करते हुए कारोबारी सुविधा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है भारतीय रेलवे की वेंडरों को स्वीकृति प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा मंजूरशुदा किसी भी वेंडर को अब रेलवे की सभी इकाइयों के लिए स्वीकृत वेंडर माना जाएगा इससे पहले किसी एक एजेंसी द्वारा स्वीकृत वेंडर को दूसरी एजेंसी स्वतः स्वीकार नहीं करती थी और उन्हें अलग अलग अलग एजेंसियों के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ता था मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से वेंडरों को विभिन्न एजेंसियों में अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे समय की बचत होगी

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा है कि जीवन में संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन्होंने कहा कि लोग अपने जीवन में संगीत के कारण ही सबसे अच्छा समय बिताते हैं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

सिंगरौली और सीधी जिले में पांच पांच सेण्टीमीटर बारिश दर्ज की गई शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बीते चार दिनों से बारिश हो रही है यहां किसान खरीफ फसल की बोनी करने में जुट गये हैं

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान रीवा शहडोल संभागों तथा छिंदवाड़ा बालाघाट बैतूल होशंगाबाद रायसेन और सीहोर जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है